स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से की वैक्सीन लगवाने की अपील

राज्य में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के साथ हल्की गर्मी का असर शुरू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

उन्होंने सभी नर्सों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोविड वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं कोविड टीकाकरण के बारे में गलत सूचनाओं अफवाहों और नकारात्मक संदेशों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भ्रामक धारणाएं जानबूझकर फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं हैं उन्होंने लोगों से इनसे बचने को कहा डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि टीका लगाने से बांझपन होने जैसी गलत जानकारी दी जा रही है टीकाकरण के बाद अल्कोहल का सेवन करने से प्रतिकूल प्रभाव की गलत धारणाएं भी सामने आ रही हैं उन्होंने कहा कि अभी तक एक करोड़ से अधिक खुराक सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से दी गई है और यह टीके की सुरक्षा सिद्द करती है डॉ हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होकर काम करने को कहा

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस प्रकार के पहले के अभियान काफी सफल रहे हैं और अभियान के तहत इस सफलता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तीसरे गहन इन्द्रधनुष मिशन का उद्देश्य सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सभी टीके उन सभी लोगों को लगाए जाने हैं जिन्हें ये अब तक नहीं लगे हैं इसके तहत सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा

चयनित संदेशों को आगामी ब्रलेटिनों में शामिल किया जाएगा

मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में कल जयपुर में आयोजित हई स्टेट प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में प्रोजेक्ट के प्रारंभिक तीन माह की कार्य योजना को मंजूरी दी गई

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक़मों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं